कहा बेहतर स्वास्थ्य के लिए योग जरूरी

चम्पावत जिले का प्रसिद्ध मां पूर्णागिरि मेला शुरू हुआ

योग उपराष्ट्रपति एमवैंकेया नायड़ ने बेहतर स्वास्थ्य लिए योग करने पर जोर दिया है उन्होंने कहा कि योग से न सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक तनाव भी दूर होता है

एक दिवसीय दौरे पर ऋषिकेश पहंचे श्री नायडू ने कहा कि योग केवल तन मन को सुंदर रखने के साथ ही मनुष्य को बौद्धिक स्तर पर भी मजबूत करता है उन्होंने कहा कि योग से लोगों को आपस में जुड़ने का मौका मिलता है उत्तराखण्ड की धरती पर आने को अपना सौभाग्य बताते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि गंगा किनारे बसे ऋषिकेश में योग हर जगह बसा हआ है उन्होंने कहा कि योग के जरिये द्निया मे शांति कायम की जा सकती है योग जारी इस अवसर पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि योग महोत्सव में विश्व का लघु रूप देखने को मिला है योग मन चित्त और शरीर को स्वस्थ रखता है उन्होंने कहा कि योग विश्व को शांति और सुख देने का काम कर रहा है कार्यक्रम में राज्यपाल कृष्ण कान्त पॉल केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री के र्जे अल्फांसो विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल वन मंत्री डॉ हरक सिंह रावत उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत क्षेत्रीय विधायक रित खंड्ड़ी सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे इससे पहले आज सुबह उपराष्ट्रपति वेंकैया नायड् वायु सेना के विमान से जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंचे यहां राज्यपाल और मुख्यमंत्री सहित अन्य अधिकारियों ने उनका स्वागत किया

भाजपा महासचिव राम माधव ने अगरतला में कहा कि त्रिपुरा में चालीस या अधिक सीटों के साथ भाजपा के सरकार बनाने की आशा है श्री माधव ने कहा कि बदलाव के लिए वोट भाजपा का नारा था और लोगों ने इसे स्वीकार किया है

उन्होंने कहा कि इस सफलता का श्रेय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कठिन परिश्रम को जाता है भाजपा नेता ने कहा कि नगालैण्ड में भाजपा के एनडीपीपी के साथ चुनाव पूर्व गठबंधन को सरकार बनाने के लिए जरूरी सीटें मिल जाएंगी मेघालय के लिए श्री माधव ने कहा कि नतीजों से किसी को स्पष्ट बहुमत मिलता नजर नहीं आ रहा है

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विकास ऐजेंडे और पार्टी अध्यक्ष अमित शाह के क्शल नेतृत्व की जीत है उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में प्रभावी लुक ईस्ट नीति को एक्ट ईस्ट में बदलकर पूर्वी भारत में विकास को एक नई दिशा और गति मिली है श्री रावत ने कहा कि प्रधानमंत्री और केन्द्र सरकार की विकास नीतियों को पूरे देश के साथ साथ अब उत्तर पूर्व की जनता ने भी प्रसन्नता से स्वीकारा है उन्होंने कहा कि चुनाव के यह नतीजे केन्द्र सरकार की नीतियों पर जनता के समर्थन की मुहर भी है

हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने रुड़की में नए पासपोर्ट सेवा केंद्र कार्यालय का उदघाटन किया पासपोर्ट कार्यालय को पोस्टऑफिस के बराबर वाला स्थान दिया गया है

हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल ने पासपोर्ट सेवा केंद्र रुड़की में खोले जाने पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी व् विदेश मंत्री का आभार जताया उन्होंने कहा कि रुड़की और हरिद्वार की जनता को पासपोर्ट के लिए अब देहरादून नहीं जाना पड़ेगा महिलाओं और हज पर जाने वाले लोगों को पासपोर्ट बनवाने की सुविधा अब रुड़की में मिलेगी

धाम में बर्फबारी होने के बावजूद भी निर्माण कार्य जारी हैं हाल ही में प्रधानमंत्री ने भी केदारपूरी में किए जा रहे निर्माण कार्यो पर संतोष व्यक्त किया

रूद्रप्रयाग जिला प्रशासन भी केदारपुरी को भव्य स्वरूप देने के लिए प्रयासरत है केदारनाथ को भव्य रूप देने के लिए जिला प्रशासन स्थानीय लोगों की सहायता भी ले रहा है रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी मंगेश घिल्डियाल ने बताया कि केदारनाथ में पैदल मार्ग का निर्माण प्राथमिकता के आधार पर जल्द से जल्द प्रा करने के प्रयास किए जा रहे हैं

जिलाधिकारी ने बताया कि प्रधानमंत्री के निर्देशानुसार पैदल मार्ग पर स्थानीय पत्थरों का प्रयोग किया जाएगा उन्होंने यह भी बताया कि मुख्य रास्ते के अतिरिक्त दो अन्य पैदल रास्ते बनाए जांएगे जिनमें शारीरिक रूप से असमर्थ यात्रियों का विशेष ध्यान रखा जाएगा

लगभग तीन महीने तक चलने वाले इस मेले का उदघाटन क्षेत्रीय विधायक कैलाश गहतोड़ी ने वैदिक मंत्रोंचरण के साथ किया मेले में प्रदेश के अलावा उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश राजस्थान पंजाब दिल्ली के साथ साथ पड़ोसी देश नेपाल से हजारों की संख्या में श्रद्वाल माता के दर्शन और पूजन के लिए पहंचते हैं इस अवसर पर विधायक गहतोड़ी ने कहा कि मेले हमारी संस्कृति के ध्वज वाहक होते हैं जो सामाजिक समरसता को बढ़ाने में निर्णायक भूमिका निभाते हैं

मुख्य सचिव उत्पल कुमार और पुलिस महानिदेशक अनिल रतूड़ी के साथ एसडीआरएफ के प्रमुख संजय गुंज्याल के प्रशिक्षार्थियों का हौसला बढ़ाया इस दौरान आपदा रेस्क्यू का प्रशिक्षण लेने वाले युवाओं ने आपदा रेस्क्यू का डेमो देकर अपना हुनर दिखाया पुलिस महानिदेशक अनिल रतूड़ी ने कहा कि राज्य आपदा की दृष्टि से अति संवेदनशील है अगर हर जिले में आपदा से निपटने के लिए इस तरह की टीम तैयार होगी तो आपदा के दौरान होने वाले जान माल के नुकसान को कम किया जा सकता हैं सांस्कृतिक कार्यक्रम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से गीत एवं नाटक प्रभाग सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार देहरादून में दो दिवसीय मेगा सांस्कृतिक कार्यक्रम हम हैं बेटियां का आयोजन करने जा रहा है

इसके साथ ही बालिकाओं के लिये निशुल्क दन्त चिकित्सा शिविर भी लगाया जायेगा

इसके अलावा जिन बेटियों ने संघर्षो का सामना करते हुए विभिन्न उपलब्धियां हासिल की हैं उन्हें भी सम्मानित किया जाएगा

कवायद उत्तरकाशी जिले की जोशियाड़ा झील को विकसित करने के लिए जिला प्रशासन ने कवायद शुरू कर दी है झील को विकसित करने के लिए तैयार सर्वे रिर्पोट को लेकर गंगोत्री विधायक गोपाल सिह रावत ने जिलाधिकारी और संबंधित विभाग के साथ चर्चा की

साथ ही मनेरी झील को विकसित कर स्थानीय युवाओं को रोजगार से जोडने और उनके आर्थिकीय संबंधन के लिए झील का सौन्दर्यकरण मील का पत्थर साबित होगा इस दौरान जिलाधिकारी ने झील के दोनो ओर पार्किग पैराग्लाईडिंग स्पेस हट्स कैसिनों आदि बनाने की बात भी कहीं

मौसम राज्य के पर्वतीय इलाकों में बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है प्रदेश के मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में राज्य के ऊंचाई वाले स्थानों पर हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है

विभाग ने पांच मार्च को पिथौरागढ़ उत्तरकाशी और चमोली जिलों के ऊंचे हिस्सों में बारिश और बर्फबारी होने का पूर्वानुमान भी व्यक्त किया है मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून से प्राप्त सुचना के अनुसार अगले कुछ दिनों में राज्य के अनेक स्थानों में आशिक से लेकर आमर्तोर पर बादल छाए रहेंगे इस बीच आज प्रदेश में मौसम का मिला जुला असर देखने को मिला जहां उधमसिंह नगर चम्पवात और हरिद्वार में मौसम साफ बना रहा वहीं देहरादून सहित पिथौरागढ़ टिहरी अल्मोड़ा चमोली और पौड़ी में दोपहर बाद बादल छाए रहे पिछले कुछ दिनों से धूप खिले होने के चलते प्रदेश के मैदानी इलाकों में गर्माहट महसूस की जा रही है जबकि पहाड़ी इलाकों में अब भी मौसम में ठण्डक बनी हई है